इस संदर्भ में दिशा निर्देश कल जारी किए जाएंगे

केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन अगले महीने की तीन तारीख तक बढ़ाने का फैसला किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्य और लोग लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं बाइट सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब तीन मई तक और बढ़ाना पड़ेगा

इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत के एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण अपनाने से उसे स्थिति से अच्छी तरह निपटने में मदद मिली उन्होंने कहा कि अब सभी हॉट स्पॉट तथा वायरस की रोकथाम वाले क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा लॉकडाउन का और सख्ती से पालन किया जायेगा ताकि संक्रमण का प्रसार नये क्षेत्रों में न हो सके प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने की बीस तारीख तक हॉट स्पॉट के प्रबंधन तथा लॉकडाउन नियमों के अनुपालन के संदर्भ में सभी राज्यों जिलों और क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जायेगी

मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है

इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो देश में दवा से ले करके राशन तक पर्याप्त भंडार है सप्लाई चौन की बाधाएं लगातार दूर की जा रही हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके बाद जिन राज्यों में हॉट स्पॉट नहीं होंगे वहां कुछ शर्तों के साथ महत्वपूर्ण गतिविधियों की अन्ग्मति दी जायेगी उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार कल विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी श्री मोदी ने लोगों से बुजुर्गों की विशेष देखभाल करने गरीबों की मदद करने और सुरक्षित दूरी बनाये रखने सहित सात प्रकार से सहयोग करने को कहा

चौथी बात कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल एप जरूर डाउनलोड करें

छठी बात आप अपने व्यवसाय अपने उद्योग में अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखें किसी को नौकरी से न निकालें सातवीं बात देश के कोरोना योद्वाओं हमारे डॉक्टर नर्सेस सफाई कर्मी पुलिसकर्मी ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें आदरपूर्वक उनका गौरव करें उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे डॉक्टरों नर्सों सफाई कर्मियों और पुलिसकर्मियों जैसे कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने उद्योग और व्यवसाय में कार्यरत कामगारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए वित्तीय संकट की स्थिति में उन्हें नौकरी से न हटाएं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोविड उन्नीस का कोई मामला सामने आने से पहले ही हवाई अड्डों पर जांच शुरू कर दी गई थी उन्होंने कहा कि सरकार के समेकित रवैये और समय पर लिये गये फैसलों से देश विकसित देशों की तुलना में अधिक बेहतर स्थिति में है भारत में इन देशों के मुकाबले कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या बहुत कम है प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा किये गये कुछ उपायों का उल्लेख करते हुए कहा कि छह सौ से अधिक अस्पताल केवल कोविड उन्नीस का उपचार कर रहे हैं और इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है

भारत में आज हम एक लाख से अधिक बैड्स की व्यवस्था कर चुके हैं इतना ही नहीं छह सौ से अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ कोविड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं इन सुविधाओं को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद पटना जिला प्रशासन ने पूर्व में आवश्यक सामग्री लाने और ले जाने के लिए निर्गत पास की अवधि तीन मई तक विस्तारित कर दी है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा कि इसके लिए पास का रिन्यूअल करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का आम लोगों ने स्वागत किया है हमारे संवाददाताओं से बातचीत में लोगों ने कहा कि इससे कोविड उन्नीस महामारी के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी

कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाये जाने के मद्देनजर रेलवे रद्द की गई सभी रेलगाडियों के टिकट का पूरा किराया वापस करेगा यात्रियों को अपने ई टिकट रद्द कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी काउंटर से लिए गए टिकट के किराये की वापसी का दावा इकतीस जुलाई तक किया जा सकता है इधर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बढ़ने के कारण सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उडानें भी तीन मई तक स्थगित कर दी गई हैं लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों की मदद के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है हमारे संवाददाताओं से बातचीत में लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत लोगों को जन धन खातों में पैसे आने से मदद मिल रही है मुफ्त अनाज मिलने से भी काफी सहारा मिला है

आकाशवाणी से विशेष बातचीत में एम्स नई दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि समय विस्तार का मूल उद्देश्य यह है कि हॉटस्पॉट की संख्या न बढ़े और कोरोना मरीजों की संख्या कम हो बाइट मेरा ये मानना है कि ये लॉकडाउन बहुत प्रभावी होगा और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम देखें तो हमने जब से लॉकडाउन किया है और भारत ने लॉकडाउन काफी पहले शुरू कर दिया था उसका जो हम देखें असर तो और देशों के मुकाबले हमारे देश में केसेस कम हुए हैं और वो अगर हम ये लॉकडाउन एग्रेसिवी फॉलो करें स्पेशली जो हॉट स्पॉट हैं उसमें हम ये देखें कि ये लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग क्वारंटाइन हम पूरी तरह से करते हैं और सब लोग इसमें भागीदारी करते हैं तो हमरे केसेस जो हैं वो बढ़ेंगे नहीं आस पास तक फ्लेटन होगा और केसिस कम होंगे कुछ स्टेट तो ऐसे भी हैं जहां केसिसि अलरेडी कम होने लग गए हैं जैसे केरल में मैं सारी नागरिकों को यही कहना चाहूंगा कि आप इसको एक मुहिम समझके एक पेट्रियोटिक मिशन समझ के सब लोग मिल जाएं और ये जो लॉकडाउन है इसको हम पूरी तरह से सक्सेसफूल करें राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों का पता लगाने के लिए आठ हजार गांवों में घर घर जाकर जांच करने का फैसला किया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि यह फैसला संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किया गया है उन्होंने कहा कि उन गांवों की जांच की जाएगी जिनमें एक मार्च से तेईस मार्च के बीच विदेश से लोग आए हैं यह जांच इस महीने की सोलह तारीख से शुरू होगी और चौबीस अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी यह सर्वेक्षण पल्स पोलियो टीकाकरण की तर्ज पर किया जाएगा दो सदस्यों का दल प्रश्नावली के साथ प्रतिदिन दो सौ से अधिक लोगों से प्रछताछ करेगा और कोरोना संबंधी आंकडे एकत्र करेगा जांच के दौरान यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति का पता चलता है तब उसे स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा जाएगा सीवान बेगूसराय नवादा नालंदा जिलों के हॉटस्पॉट क्षेत्र में घर घर जाकर जांच पहले से की जा रही है इन क्षेत्रों की तीन किलोमीटर परिधि में कोरोना वायरस के पॉजीटिव मामलों की पुष्टि हुई थी पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है प्रदेश में अब तक छियासठ पॉजिटिव मामले आये हैं अब तक उनतीस मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त घोषित हो चुके हैं इधर देश भर में कोरोना संक्रमण के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर दस हजार आठ सौ पन्द्रह हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इनमें से एक हजार एक सौ नवासी लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि तीन सौ तिरपन लोगों की मौत हुई है तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले सत्रह विदेशियों को राज्य के विभिन्न मस्जिदों में क्वारेंटाइन की अवधि पूरे होने के बाद जेल भेज दिया गया है ये लोग किर्गिस्तान कजाकिस्तान और मलेशिया से पर्यटक वीजा पर पटना में धार्मिक प्रचार करने आये थे पुलिस ने क्वारंटीन की अवधि प्ररी होने के बाद गिरफ्तार कर इन्हें जेल भेज दिया है इन सभी को दीघा और फुलवारीशरीफ स्थित मस्जिदों में पिछले दिनों निगरानी में रखा गया था संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी एक सौ उनतीसवीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया डॉक्टर आम्बेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी के रूप में जाना जाता है राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है

इस संदर्भ में दिशा निर्देश कल जारी किए जाएंगे